वे आज नई दिल्ली में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में देश विदेश से आये लगभग दो हजार विद्यार्थियों शिक्षकों और अभिभावकों से बात कर रहे थे प्रधानमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों को परीक्षा के नतीजे की चिंता किये बिना ज्ञान अर्जित करने पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए श्री मोदी ने कहा कि शिक्षा को केवल परीक्षा तक सीमित नहीं किया जा सकता बल्कि इससे विद्यार्थियों को जीवन की विभिन्न च्नौतियों का सामना करने में सक्षम बनाया जाना चाहिए प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों को यह भी सलाह दी कि वे माता पिता की बात सुने और उस पर ध्यान दें

मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस अवसर पर बताया कि इस कार्यक्रम में ईरान नेपाल दोहा क्वैत सऊदी अरब जैसे देशों से भी विद्यार्थियों ने भाग लिया

श्री फर्नान्डीज का अंतिम संस्कार कल किया जायेगा

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी टिवट कर श्री फर्नाडिस के निधन पर शोक जताया श्री जार्ज फर्नांडिस का जन्म कर्नाटक में मंगलूरु में हुआ

नौ बार लोकसभा और एक बार राज्य सभा के सदस्य रहे श्री फर्नान्डीज ने केन्द्र में रक्षा रेल और उद्योग मंत्री के रूप में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया

श्री गहलोत ने आज पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास मिर्धा की पुण्यतिथि पर विधानसभा में उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित की

उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा जो वादे किये गये हैं वो पूरे किये जायेंगे

डॉ शर्मा ने अजमेर जिले के ब्यावर से अपने दौरे की शुरूआत की

उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उनके इस्तीफे की मांग की

इस क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी सुनीता जाखड़ की ओर से न्यायालय में याचिका दायर की गई न्यायालय ने याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है लेकिन अभी सुनवाई की तारीख तय नहीं हुई है भाजपा प्रत्याशी ने याचिका में आरोप लगाया है कि श्री अली ने फर्जी मतदान कर चुनाव जीता है

उन्होंने सभी अधिकारियों से आगामी एक फरवरी से की जाने वाली ईवीएम वीवीपैट की एफएलसी की तैयारियों और प्रशिक्षण के बारे में जानकारी ली

उन्होंने एक बैठक में निजी स्कूलों के परीक्षा केन्द्रों को सीधे बोर्ड के परीक्षा नियंत्रण केन्द्र से जोड़ने की आवश्यकता बतायी

कलपतियों से मांगी सुचनाओं के आधार पर स्मार्ट गांवों का मुल्यांकन किया जाएगा

ऐनीमिया मुक्त राजस्थान के तहत आंगनबाडी केन्द्रो और स्कूलों में सिरप तथा दवाईयां वितरित की जायेगी वहीं नशामुक्ति अभियान में जिलों के सभी कार्यालयों में तंबाकू और नशामुक्ति के लिये प्रतिज्ञा दिलाई जायेगी तंबाकू मुक्त परिसर के पोस्टर भी लगाये जायेंगे

उन्होंने लोगों को पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए झालावाड़ जिले के प्रभारी मंत्री रमेश चंद मीना ने आज जन सुनवाई की

बीकानेर जिले में भारत पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में स्थित स्कूलों को आईसीटी लैब से जोड़कर सुदूर गांव में रहने वाले छात्र छात्राओं को कम्प्यूटर शिक्षा से जोड़ा जाएगा इसके लिए सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत आवश्यक धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी

जिले में कई स्थानों पर खेतो में बर्फ की चादर बिछी नजर आई गलन और कपकपाने वाली इस सर्दी से राहत के लिये लोग जगह जगह अलाव जलाकर बचने का प्रयास कर रहे है चूरू से हमारे संवाददाता ने बताया कि आज वहां न्यूनतम तापमान जमावबिन्द से नीचे होने की वजह से ठिद्रन और गलन बढ़ गई है

इसमें रेंज के सातों जिलों की टीमों ने भाग लिया जैसलमेर की पुलिस टीम ने इसमें पहला स्थान हासिल किया